कहा योग परिवार दे ा समाज और वि व को आपस में जोड़ता है श्री मोदी ने अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में योगाभ्यास की अगुवाई की प्रदे के विभिन्न हिस्सों में योग दिवस के मौके पर आज लोगों ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया

अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय योग परंपरा आज के संघर्षरत दौर में दुनिया को एकजुट करने वाली सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है देहरादून के वन अनुसंधान परिसर में चौथे अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग ने दुनिया को रोग से निरोग की राह दिखाई है और योग से दुनिया भर में लोगों का जीवन समृद्ध बने रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे आज सुबह प्रधानमंत्री की उपस्थिति में एफ आर आई में पचास हजार से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ योगाभ्यास कर देशभर में योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश पहुंचाया लोग देर रात से ही मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे थे इस मौके पर सांसद विधायक राज्य पुलिस सेना पैरा मिलिट्टी एनसीसी एनएसएस स्काउट गाइड स्कूल कॉलेज महिलाओं बुज्र्ग और नेहरू युवा केंद्र सहित अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया कार्यक्रम को सक्शल सम्पन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतेजाम किए गए थे और करीब तीन हजार से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था अर्न्तराष्ट्रीय योग दिवस जारी कार्यक्रम को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग परिवार देश समाज और विश्व को आपस में जोड़ता है उन्होंने कहा कि योग आज विश्व में एक बड़ा अभियान बन गया है और अधिक से अधिक लोग योग को अपना रहे हैं

उन्होंने कहा कि योग समाज में एकरूपता लाता है जो राष्ट्रीय एकता का आधार बन सकता है उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया ने योग को अपनाया है और योग शांत और संतृष्ट जीवन जीने का तरीका है प्रधानमंत्री ने लोगों का आहवान किया कि वे ना सिर्फ स्वस्थ बल्कि प्रसन्न और शांतिपूर्ण जीवन के लिए भी योग को अपनाएं

इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योग दिवस की मेजाबनी के लिए देहरादून का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यावाद दिया कार्यक्रम में राज्यपाल डॉ कृष्ण कान्त पॉल केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक राज्य के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे योगाभ्यास अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भी योग किया गया अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुये विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि योग शारीरिक और वैचारिक शुद्धता का सबसे सशक्त माध्यम और स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है उधर रानीखेत के ऐतिहासिक नरसिंह मैदान मेंयोग दिवस के अवसर पर केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने एक हजार से अधिक लोगों के साथ मिलकर योग किया वहीं बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाईश मैदान में हजारों लोगों ने योग किया इस मौके पर योग साधकों ने लोगों को ध्यान मुद्रा के साथ ही कपालभाती अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराया उधर चम्पावत में योग दिवस के मौके पर जिले के गोरलचैड़ मैदान में सैकड़ों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास और प्राणायाम किया साथ ही जिले की सभी तहसील मुख्यालयों में भी योग शिविरों का आयोजन किया गया वहीं चमोली जिले में पाण्डुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्गी मंदिर के प्रांगण में जिला प्रशासन द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने प्रतिभाग किया प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी समाज के हर वर्ग के लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उल्लास और जोश के साथ योग किया कैलाश मानसरोवर कैलाश मानसरोवर यात्रा का तीसरा दल आज पिथौरागढ़ पहुंच गया है ये दल लिपुलेख दर्रे से होकर मानसरोवर जाएगा

मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होती रहेगी और आने वाले समय में वर्षा में और ज्यादा इज़ाफा होगा चारधाम यात्रा जून महीने के अंत के साथ ही बारिश में बढ़ोतरी होने के चलते चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्दालुओं की संख्या में भी कम आई है गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में रूक रूककर बारिश हो रही है गंगोत्री और यमुनोत्री में जहां पहले औसतन आठ हजार तीर्थयात्री प्रतिदिन धाम दर्शन के लिए आ रहे थे वहीं दर्शन के लिए आने वाले श्रद्वालुओं का यह आंकड़ा करीब चार हजार तक पहुंच गया है

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव िंगवानी पसंबोला ने जिलावासियों से कहा है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने वादों का निस्तारण करवा सकते हैं उत्तराखण्ड उच्च न्ययायालय ने प्रदे ा सरकार को देहरादून की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के आदे जारी किए अतिक्रमण हटाने के लिए न्यायालय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया है बागे वर जिले में कपकोट पिण्डारी ग्ले गयर मुख्य जिला मार्ग मलवा आने से बाधित हो गया है